निामांकन पत्र प्रदेश में विघानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी सरगर्भियां तेज हो गई हैं

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद्वारों की अपनी पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी है सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में जूट गई हैं कल से नामांकन पत्र भी दाखिल होना शुरू हो गये हैं

जिसमें गुना में तीन इंदौर में दो आगरमालवा मुरैना अशोकनगर दमोह बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा होशंगाबाद विदिशा देवास धार और रतलाम में एक एक नामांकन पत्र जमा हुए हैं कल और सात नवम्बर को दीपावली अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो सकेंगे

वोटर पर्ची बुथ नक्शा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटो वाली वोटर पर्ची के पीछे पोलिंग ब्थ का नजरी नक्शा भी प्रिंट कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग के तहत इस वोटर पर्ची को मतदाता के घर चुनाव की तिथि से पांच दिन पहले तक पहुंचाया जाएगा निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता पर्ची का साइज भी पहले की तुलना में बड़ा होगा मतदाता पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ के नजरी नक्शा के अलावा बूथ नम्बर चुनाव की तिथि और समय हेल्पलाइन नम्बर बीएलओ का नाम तथा मोबाइल नम्बर सहित मतदाता के मार्गदर्शन के लिये महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी अधिकृत वोटर पर्ची को पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारियों द्वारा मतदाता की पहचान के लिए भी मान्य किया जाएगा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह द्वारा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गयी इस दौरान बताया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा आगामी दिसंबर माह में चुनाव परिणाम के उपरांत नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की अगवानी उनको ठहरने आदि तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में सतत कार्यवाही की जा रही है समीक्षा के उपरांत प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि चूंकि विभिन्न दलों के उम्मीदवारों की सूचियां जारी की जा रही है तथा चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रपत्र के अनुसार उम्मीदवारों को विधानसभा सचिवालय से अनापत्ति अमांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता अल्प अवधि में ही होगी इसलिए कल रविवार को अवकाश दिवस में भी पूर्वान्ह साढे ग्यारह बजे से विधानसभा सचिवालय की संबंधित शाखाएं सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए अनापत्ति अमांग प्रमाण पत्र आदि देने के लिए खोली जाएंगी राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में दो दिन के ज्ञान क्ंभ के उदघाटन अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार के नियम अपनाने और उनके चरित्र निर्माण में भी योगदान करें राष्ट्रपति ने बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भूमिका की सराहना की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित स्वामी रामदेव भी इस अवसर पर मौजूद थे

साथ ही दो हजार से अधिक हथियार जब्त किये गये हैं और ढाई लाख से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि जनपद पंचायत भैंसदेही की ग्राम पंचायत कोथलकृण्ड जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत देहगुड़ जनपद पंचायत भीमपुर की ग्राम पंचायत लक्कडज़ाम सहित ग्राम पंचायत डोक्या के सचिव को निलम्बित किया गया है जनपद पंचायत भैंसदेही की ग्राम पंचायत धामनगांव की सरपंच श्रीमती मीना कास्देकर को लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता के चलते पद से पृथक किया गया है

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया है कि श्रेष्ठ संभाग प्रस्कार में संभागीय आयुक्त प्रलिस महानिरीक्षक को पुरस्कार दिये जाएंगे

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भोपाल में आयोजित शिक्षकों के वर्कशाप में कहा कि जिसको शिक्षा नहीं भिलती है उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है जो शिक्षित होता है वह जीवन को खेल की तरह सरलता से जीता है उन्होंने कहा कि सही शिक्षा वह है जिससे युवा जीवन में गलत रास्ते पर चलने से बच जाये शिक्षकों को छात्र छात्राओं के मानसिक विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए

वहीं उपविजेता का खिताब मंत्र सोनेजा ने जीता वहीं बालिका वर्ग के फायनल में परिधि चौधरी विजेता और उप विजेता आध्या जैन रहीं

वहीं उपविजेता विशंतम सिंह परिहार रहे बालिका में विजेता एश्वर्या विजय रहीं वहीं प्रियंका पंत उपविजेता का खिताब जीतने में सफल रहीं

बालिका वर्ग में डबल्स का खिताब परिधि चौधरी और गौरी चित्ते के नाम रहा बालिका वर्ग के डबल्स के खिताब में उपविजेता सृष्टि गुप्ता और प्रियंका पंत रहीं विजेता खिलाड़ियों को ट्राफी और इनामी राशि प्रदान की गई पुरस्कार वितरण समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह आयकर अधिकारी एकेपिल्लई वहीं जयंत शर्मा विशाल गोयल विजेन्द्र देवड़ा और बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार तथा दशपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ अभय शुक्ला भी मौजूद थे

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मच्छरों को नहीं पनपने देने की सलाह दी